पहले चरण के टीकाकरण के लिए पच्चीस जनवरी तक स्वास्थ्य कर्मी करा सकते हैं पंजीकरण

अगले तीन से चार दिनों तक मौसम के रूख में नहीं होगा कोई परिवर्तन बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डे ने बताया कि इस दौरान सभी तीन सौ केन्द्रों पर सौ लोगों को टीके लगाये जायेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के आईजीआईएमएस स्थित टीकाकरण केन्द्र पर मौजूद रहेंगे श्री पांडे ने कहा कि जिन लोगों ने टीके के लिए पंजीकरण कराया है उन्हें एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिलेगी उन्होंने बताया कि टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी पहले चरण के स्वास्थकर्मी पच्चीस जनवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं इस बीच बिहार को कोविड टीके की पहली खेप मिल गयी है पूणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पहली खेप में वैक्सीन का लगभग पचपन हजार वायल पटना पहुंचा है वैक्सीन को अभी एनएमसीएच स्थित शीत भण्डार गृह में रखा गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि एनएमसीएच स्थित नोडल सेंटर के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर दस जिला स्तर पर अड़तीस और प्रखंड स्तर पर छह सौ तीस शीत भण्डारण केन्द्र की व्यवस्था की गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि शनिवार से शुरू होने वाले टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है बाइट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उपराज्यपालगण से और माननीय प्रशासकगणों से विमर्श किया था उसमें उन्होंने कुछ दिशानिर्देश भी दिये थे तो राज्यों के साथ भारत सरकार का बहुत नजदीकी कोलेबोरेशन हो रहा है

बाइट दो वैक्सीन हैं एक कोवीशील्ड और एक कोवैक्सीन जिनको कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है ईयूए दिया गया है

ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनो जेनेसिटी को एस्टैबलिश कर चुके हैं थ्रू ए वैल प्रेस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस श्री भूषण ने यह भी बताया कि अब तक टीके की चौवन लाख बहत्तर हजार खुराकें वैक्सीन स्टोर पर पहुंच चुकी हैं और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को चौदह जनवरी तक सौ प्रतिशत खुराक प्राप्त हो जाएंगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलूओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रंखला जारी की है

उत्तर सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सिनेशन के लिए चिन्हित किया है पहले समूह में हैल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं

इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरदमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा प्रश्न क्या कोई वैक्सीन बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है उत्तर नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल समय की जानकारी साझा की जएगी प्रश्न यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ हैं तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा उत्तर फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत हो गई है एक दिन में दो सौ चौदह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार आठ सौ अंठावन हो गई है वहीं इसी अवधि में तीन सौ चौवालीस नये मामलों की भी पुष्टि हई जिससे कूल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख सत्तावन हजार तीन सौ पैंतीस हो गया है एक दिन में चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ तैंतालीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार तैंतीस है राज्य सरकार ने लोगों से यूरिया की कमी को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है

वहीं जनवरी के लिए दो दशमलव बीस लाख टन यूरिया का आवंटन किया गया है उन्होंने बताया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों में नियमित रूप से छापेमारी जारी है खाद कालाबाजारी की सूचना कृषि निदेशालय के टेलीफोन संख्या शून्य छह एक दो दो दो शून्य शून्य आठ एक चार या जिला पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी को दी जा सकती है बर्फीली पछुआ हवा के कारण प्रदेशभर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आने वाले तीन से चार दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी हवा की रफ्तार पन्द्रह से बीस किलोमीटर प्रतिघंटे बनी हुई है जिस कारण लोगों को धूप के बावजूद भी कनकनी का एहसास हो रहा है मौसम के रूख में आये परिवर्तन को कृषि वैज्ञानिकों ने रबी फसल के लिए अच्छा बताया है पटना जिले के चार नगर निकायों पटना नगर निगम और दानापुर खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में अब इस साल तीस सितम्बर तक डीजल चालित ऑटो रिक्शा का परिचालन होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी पहले यह समय सीमा इकतीस मार्च तक निर्धारित थी वहीं कैबिनेट ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में तीन हजार आठ सौ तिरासी विभिन्न पदों के सुजन को भी मंजूरी दे दी है इनमें से सबसे अधिक तीन हजार सात सौ अड़तीस पद डाटाइंट्री ऑपरेटर के होंगे एक अन्य फैसले में राज्य के सरकारी अस्पतालों में जीविका समूहों के माध्यम से दीदी की रसोई नाम से कैंटीन के संचालन को भी स्वीकृति दी गयी नक्सलियों के खिलाफ चलाये गये अभियान के दौरान गया जि के इमामगंज प्रखंड के लुटुआ जंगल से बरामद चौंतीस आईईडी बम को सीआरपीएफ की टीम ने निष्क्रिय कर दिया है ये सभी बम बारूदी सुरंग के रूप में क्रमिक रूप से तीन से चार फीट की दूरी पर लगाये गये थे सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि भारी मात्रा में डेटोनेटर कोडेक्स वायर और बिजली के तार भी बरामद किये गये हैं उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंग काफी शक्तिशाली थे और उसकी जद में आने पर सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हो सकता था मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना में होमगार्ड के एक जवान और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी में होमगार्ड जवान मोहम्मद जाहिद की मौत हो गयी पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि होमगार्ड जवान ने शौचालय में छुपकर गोलीबारी शुरू की पुलिस ने नक्सली हमले की आशंका समझ फायरिंग की मौके पर तैंतीस राउंड गोलीबारी हुई एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है कि होमगार्ड जवान ने फायरिंग क्यों शुरू की थी पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत प्रनाईचक शंकर पथ में अपराधियों ने विमानन कम्पनी इंडिगो के पटना स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी अपराधियों ने उनके अपार्टमेंट के सामने उन्हें छह गोलियां मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी

पूलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र में लकड़ी और बालू तस्करी में लगे ट्रैक्टर चालकों ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया जिसमें रेंजर समेत तीन वनकर्मी घायल हो गए नवादा जिले के अकबरप्र के ह्ररही गांव में एक वारंटी को पकड़ने गयी प्रलिस पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया जिसमें एक दारोगा समेत कई प्रलिसकर्मी घायल हो गये खगड़िया जिले के गंगौर चौकी क्षेत्र अन्तर्गत जलकौड़ा उच्च विद्यालय के पास अपराधियों ने लूट पाट के दौरान एक कलेक्शन एजेंट की गोलीमार कर हत्या कर दी अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र अन्तर्गत झिकटिया गांव से पुलिस ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है वहीं रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत आनंदीचक से पुलिस ने पन्द्रह साल से फरार नक्सली वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले के नाथनगर से झारखंड पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना के हाजत से आर्म्स एक्ट का एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है औरंगाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में पटना की टीम ओवर ऑल विजेता बनी है वहीं कैमूर की टीम उप विजेता और भोजपुर की टीम तीसरे स्थान पर ही अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने और कोरोना वैक्सीन की खुराक राज्यों को भेजे जाने से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर ने लिखा है कृषि कानूनों के अमल पर रोक एक्सपर्ट कमिटी बनी दैनिक आज ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है कमिटी ही निभायेगी निर्णायक भूमिका सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी हिन्दुस्तान की सुखी है बिहार पहुंची चौवन हजार नौ सौ वायल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप प्रभात खबर ने लिखा है पटना में अब तीस सितम्बर तक चलेंगे डीजल वाले ऑटो दैनिक जागरण लिखता है सरकारी अस्पतालों में अब जीविका की रसोई राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है गोरखपुर में आज देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहरायेंगे योगी आदित्यनाथ

पहले चरण के टीकाकरण के लिए पच्चीस जनवरी तक स्वास्थ्य कर्मी करा सकते हैं पंजीकरण

अगले तीन से चार दिनों तक मौसम के रूख में नहीं होगा कोई परिवर्तन